एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढते प्रकोप के संबंध में वे कुछ महत्वपूर्ण बाते साझा करेंगे

वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि वे मीडिया गतिविधियों से जुड़ी सभी संस्थाओं को सुचारू रूप से काम करने की सुविधा मिलना सुनिश्चित करें इनमें केबल ऑपरेटर डीटीएच सेवाएं और सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी शामिल है पत्र में कहां गया है कि मीडियाकर्मियों को ले जाने वाले वाहनों पर भी किसी तरह का प्रतिबंध ना लगाया जाये

मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज से सभी निजी वाहनों की सड़क पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है सिर्फ जरूरी सेवाओं और छूटप्राप्त सेवाओं के वाहन ही आ जा पा रहे है

इस रकम से लॉकडाउन के दौरान रोजीरोटी से वंचित गरीब लोगों को एक एक हजार रूपये मिलेंगे

सभी घरेलू वाणिज्यिक उडाने बंद कर दी गई हैं नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतिबंध मालवाहक विमानों पर लागू नहीं होगा

घबराहट में खरीदारी ना करें और घर में ही रहे